देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार

प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छः हजार तीन सौ अट्ठारह नए मामले चार हजार सात सौ पन्द्रह मरीज हुए स्वस्थ

उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में कल श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर मौजूदा स्थिति पहले की तूलना में भिन्न है एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्वय यानी डिटरमिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया

हमारे बहादुर सिपाहियों ने बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे है प्ररी के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां सयम की जरूरत थी वहां सयंम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे है श्री सिंह ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के विरूद्व है और चीन ने पिछले कई दशकों से सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है चीन ने लद्दाख में करीब अड़तीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में पांच हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय क्षेत्र अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया रक्षामंत्री ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है

राज्यसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दो अरब सड़सठ करोड़ से अधिक रुपये आबंटित किये गये है श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है

विद्यार्थियों के लाभ के लिए पीएम ई विद्या दीक्षा प्लेटफॉर्म परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तर्क पूर्ण बनाने के लिए ई टेक्स्टबुक्स और मनोदर्पण जैसी कई पहल की गई हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर कल पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है इस दौरान चौदह सितम्बर से बीस सितम्बर तक देशभर में सैनेट्री पैड्स और व्हील चेयर वितरण स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रदेशभर में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिये विमिन्न योजनाओं की शुरूआत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सम्मान दिलाया और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है उन्होंने कहा कि श्री मोदी कृशल और दूरगामी सोच वाले व्यक्ति है उनकी कार्यशैली की देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में प्रशंसा हो रही है श्री योगी कल गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व्हील चेयर और अन्य उपकरण वितरित कर रहे थे उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर समाज के एक वर्ग को सम्मान दिलाया है आज गरीबों को श्री मोदी के कारण ही आवास शौचालय रसोई गैस सिलेण्डर और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उन्होंने कहा कि योग को अतंराष्ट्रीय मान्यता दिलाने वाले श्री मोदी के कार्यकाल में देश में पिछले छह सालों के दौरान आमूल चूल परिवर्तन हुए है वर्ष दो हजार चौदह से पहले अराजकता अविश्वास और असुरक्षा का माहौल था जिसे श्री मोदी ने अपनी कार्य क्शलता के चलते न सिर्फ समाप्त किया बल्कि देश को पटरी पर ला दिया

वैक्सीन के लिए जैसे दुनियाभर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेस वन फेस ट्र और फेस थ्री के अंदर पहुंच गए हैं उम्मीद है कि अगले के शुरूआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव छह चार प्रतिशत हो गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान बयासी हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक चालिस लाख पच्चीस हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या उन्नीस दशमलव सात तीन प्रतिशत रह गई है संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल दिन भर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हुई गोरखप्र और इसके आसपास के जिलों में बीती रात सामान्य से हल्की वर्षा हुई और अभी भी विभिन्न स्थानों पर रूक रूक कर ब्रंदाबादी हो रही है कृषि विशेषज्ञ इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभप्रद बता रहे हैं